स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आयू के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

बंबई उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह देश में टीकाकरण अभियान के सभी पहल्ओं पर मार्गदर्शन कर रहा है घर घर जाकर टीकाकरण संभव न हो पाने के पांच कारण हैं हलफनामे में कहा गया है कि टीका लगाने के बाद कोई द्वष्प्रभाव होने पर व्यक्ति को चिकित्सा स्विधा पहंचाने में देरी हो सकती है और आवश्यकता अन्रूप उपचार नहीं दिया जा सकता

उन्होंने बताया कि राज्य में जरुरी दवाएं है और नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स के साथ साथ जीरो आलो तेजू और तवांग के अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट्स स्थापित किए गए है ट्रिम्स नाहरलगुन में क्ल एक सौ साठ बैडो की भी व्यवस्था की गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोविड संक्रमण के तिहत्तर नए मामले सामने आए और सोलह रोगी स्वस्थ्य हुए राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो सौ उन्यासी हो गई है और रिकवरी दर घटकर अड्डानबे दशमलव श्न्य पांच प्रतिशत रह गई है ब्धवार को राज्य में कोविड जांच के लिए दो हजार तीन सौ अड़तीस सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में दर्ज किए गए कोविड के नए मामलो में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक छब्बीस लोअर दिबांग वैली से सोलह वेस्ट कामेंग से चौदह पाप्म पारे से आठ ईस्ट सियांग से तीन लोहित और चांगलांग से दो दो नामसाई और पाक्के केसांग से एक एक मामले शामिल है जबकि स्वस्थ हए रोगियों में से सबसे अधिक वेस्ट कामेंग से आठ तवांग और ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन तीन पाप्म पारे और लोअर दिबांग वैली जिले से एक एक रोगी शामिल है राजधानी ईटानगर के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ मनदीप परमे और पाप्मपारे जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ कोमलिंग परमे ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी एस ओ पी के अन्सार बंदरदेवा होलोंगी और ग्रम्टो चेकगेट पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच के निर्देशो का सख्ती से पालन किया जा रहा है

एस आई सी प्लिस अधिक्षक हेमंत तिवारी ने बताया कि संबद्ध मामले के एक आरोपी तामियो ताताक जो वर्तमान में जोइंट सेक्रेटरी रिसर्ज के पद में कार्यरत है उन्हें कल शाम पासिघाट से गिरफ्तार किया गया हैं श्री ताताक वर्ष दो हजार सत्रह में ईस्ट सियांग जिले के उपाय्क्त के रुप में कार्यरत थे जब जमीन म्आवजे की अदायगी हई थी

तावांग में ए पी पी बी एन आई आर बी एन के कमाण्डेंट्स और प्लिस अधीक्षको के तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेते हए उन्होने यह बात कही गृह मंत्री ने सभी प्लिस अधीक्षको से अपने संबंद जिलो में ड्ग्स से खतरो के खिलाफ विशेष दल गठण करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ड्रग्स की लत से द्र रहनी चाहिए

उन्होंने अधिकारियों से द्र दराज के जिलों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रुपरेखा तैयार करने को कहा

प्रदेश में दो दशमलव एक सात लाख ग्रामीण परिवार है जिसमें से सैतालीस प्रतिशत परिवार तक ही नल का पानी पहचता है वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में करीबन पैसठ हजार नए जल कनेक्शन लगवाए गए प्रदेश के तीन जिलों अडारह ब्लॉको और एक हजार आठ सौ पच्चीस गाँवो को हर घर जल के तहत वर्ष दो हजार इक्कीस बाइस तक पैसठ हजार नल कनेक्शन करवाने की योजना है वर्ष दो हजार तेईस तक अरुणाचल प्रदेश में सौ प्रतिशत हर घर जल प्राप्त करने का लक्ष्य है